उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि संसद द्वारा पारित एससी एसटी संशोधन कानून पर इस समय रोक नहीं लगायी जा सकती न्यायालय ने एससी एसटी संशोधन कानून के खिलाफ दायर की गयी याचिका पर केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर छह हफ्ते के भीतर जवाब मांगा है संसद की ओर से पारित इस विधेयक में अनुसूचित जाति जनजाति कानून के तहत गिरफ्तारी के मामले में चुनिंदा सुरक्षा उपाय करने संबंधी शीर्ष अदालत के फैसले को निष्प्रभावी कर दिया गया है शीर्ष अदालत ने बीस मार्च को अपने फैसले में कहा था कि इस कानून के तहत शिकायत दर्ज होने पर तत्काल गिरफ्तारी नहीं होगी मध्य प्रदेश के बाणसागर से देर रात आठ लाख क्यूसेक पानी छोड़े जाने से सोन के तटवर्ती निचले इलाकों तरारी सहार संदेश कोईलवर और बरारी प्रखण्डों में बाढ़ का पानी फैल गया है भोजपुर जिला प्रशासन ने जिले के प्रभावित इलाकों के सभी पदाधिकारियों को अलर्ट रहने का निर्दश दिया है वहीं रोहतास पटना और अरवल के कई इलाकों में बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुयी है प्रदेश की अन्य नदियों के जलस्तर में भी वृद्धि जारी है गंगा पुनपुन घाघरा बूढ़ी गंडक और कोसी नदी के जलस्तर में भारी वृद्धि दर्ज की गयी है भोजपुर के बड़हरा में निचले इलाके में गंगा नदी का पानी फैल गया है पुनपुन नदी का जलस्तर बढ़ने से पटना सदर अंचल क्षेत्र के सोनवा पंचायत के बरातपुर खासपुर और मिर्जापुर गांव का संपर्क ट्रट गया है पटना के दीघा स्थित बिंद टोली में भी गंगा का पानी प्रवेश कर गया है केंद्रीय जल आयोग ने बताया कि हाथीदह में गंगा का जलस्तर बयालीस मीटर ऊपर पहुंच गया है प्रशासन ने बाढ़ग्रस्त इलाकों को रेड अलर्ट जारी कर दिया है

भागलपुर के कहलगांव में गंगा खतरे के निशान से लगभग पौने दो मीटर ऊपर बह रही है गंगा और गंडक नदियों के जलस्तर में उफान के कारण वैशाली जिले के राघोपुर के कई दर्जनों गांव जलमग्न हो गये हैं मौसम विभाग ने अगले चौबीस घंटें में प्रदेश के अधिकतर हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जतायी है इस दौरान कई स्थानों पर तेज हवा चलने का भी पूर्वानुमान व्यक्त किया गया है भाजपा की राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक पार्टी अध्यक्ष अमित शाह की अध्यक्षता में आज नई दिल्ली में होगी बैठक को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी भी संबोधित करेंगे पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के निधन के बाद पार्टी की राष्ट्रीय कार्यसमिति की यह पहली बैठक होगी इसमें सभी राष्ट्रीय और राज्यों के कार्यसमिति के सदस्यों को आमंत्रित किया गया है केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा है कि देश के सभी सरकारी विद्यालयों में लाइब्रेरी और खेल के साधन उपलब्ध कराये जायेंगे श्री जावड़ेकर ने राज्यों के शिक्षा पदाधिकारियों के साथ वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से शिक्षा के उन्नयन के लिये विचार विमर्श किया इस दौरान उन्होंने शैक्षिक शोध प्रशिक्षण संस्थान और कस्तूरबा गांधी विद्यालयों को मजबूत करने का निर्देश दिया श्री जावड़ेकर ने समग्र शिक्षा अभियान पर राज्यों को अहम निर्देश देते हुये कहा कि विद्यालयों का नियमित अपग्रेडेशन जारी रहना चाहिये बिहार की ओर से शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव आर के महाजन अपर सचिव मनोज कुमार और जन शिक्षा निदेशक विनोदानंद झा वीडियो कांफ्रेंसिंग में शामिल थे राज्य सरकार ने आठवीं से दसवीं तक के छात्रों की छात्रवृत्ति लिये एक सौ अस्सी करोड़ रूपये की राशि जारी की है अनुसचित जाति जनजाति पिछड़े और अति पिछड़े वर्ग के छात्रों को ही यह राशि दी जायेगी शिक्षा विभाग के अधिकारिक सूत्रों ने बताया कि छात्रवृत्ति की राशि छात्रों के बैंक खातों में सीधे ट्रांसफर की जायेगी

भारतीय रिजर्व बैंक ने कटे फटे नोट बदलने के नये नियम लागू कर दिये हैं आरबीआई के अधिकारिक सूत्रों ने बताया कि अब फटे हुये नोटों के न्यूनतम आकार से ही तय होगा कि इन नोटों के बदले आधे पैसे या पूरे पैसे मिलेंगे ये भी स्पष्ट किया गया है कि दो हजार दो सौ पचास और इससे कम के कटे फटे नोट नये नियमों के तहत स्थानीय बैंकों की शाखा और आरबीआई से ही बदले जायेंगे बढ़ते प्रदूषण को देखते हुये राज्य के सभी शहरों में चौबीस सितंबर से पॉलीथिन के उपयोग पर प्रतिबंध रहेगा पटना में मुख्य सचिव दीपक कुमार की अध्यक्षता में हुयी बैठक के बाद इसकी घोषणा की गयी मुख्य सचिव ने कहा कि प्रदेश के सभी शहरी क्षेत्रों में पचास माइक्रोन से कम के पॉलीथिन के उपयोग को पूर्णतः प्रतिबंधित किया जायेगा साथ ही उन्होंने बताया कि ग्रामीण क्षेत्रों में पॉलीथिन पर प्रतिबंध लगाने से पहले लोगों से सुझाव लिये जायेंगे इसके लिये एक माह का समय दिया जायेगा गौरतलब है कि पटना हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को कानून बनाकर पॉलीथिन पर प्रतिबंध लगाने की कार्रवाई करने के आदेश दिये थे पेंशन योजनाओं के लाभर्थियों के खाते में डायरेक्ट बेनिफीट ट्रांसफर डीबीटी के माध्यम से सीधे धन राशि भेजने के लिये बिहार देश में पहले स्थान पर रहा है केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय की ओर से भेजे गये पत्र में इस उपलब्धि की जानकारी दी गयी वहीं दूसरी ओर प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के अंतर्गत मातृ वंदना सप्ताह का आयोजन करने में बिहार ने दूसरा स्थान प्राप्त किया है यह आयोजन एक से सात सितंबर तक किया गया था इसमें उत्तर प्रदेश को प्रथम और त्रिपुरा को तीसरा स्थान मिला है प्रदेश के सभी अदालतों में आज राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जायेगा लोक अदालत में दिवानी और कुछ प्रकार के फौजदारी मुकदमों का आपसी सहमति से निपटारा होगा राज्य भर में लैब तकनीशियनों की हड़ताल समाप्त हो गयी है स्वास्थ्य विभाग के विशेष सचिव से आश्वासन मिलने के बाद संघ ने हड़ताल वापस लेने की घोषणा की है आज अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस है इस अवसर पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्य की जनता और सभी वर्गों से राज्य के वयस्क निरक्षर महिला और पुरूषों को साक्षर बनाने में सक्रिय योगदान देने की अपील की है साक्षरता दिवस के अवसर पर राजधानी पटना सहित पूरे प्रदेश में जागरूकता कार्यक्रम चलाये जा रहे हैं खगड़िया के बलुआही में पुलिस ने कुख्यात अपराधी संजय यादव को गिरफ्तार किया है वहीं जिले के कमलपुर से सटे मोईन में देशी शराब अड्डे को पुलिस ने ध्वस्त कर दिया इस मामले में एक महिला को गिरफ्तार किया गया है शेखपुरा जिला के अरियरी प्रखण्ड के सनैया पंचायत के देवपुरी गांव में एक महिला ने अपने दो बच्चों के साथ जहर खाकर आत्म हत्या कर लिया कटिहार जिले के मुफस्सिल थाना क्षेत्र स्थित नया टोला में बंधन बैंक कर्मी से एक लाख रुपये लूट मामले में तीन अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है पटना में खेली जा रही पूर्वी क्षेत्र राष्ट्रीय सब जूनियर फुटबॉल चैंपियनशिप में गत वर्ष की चैंपियन भारतीय खेल प्राधिकरण साई ने मेजबान बिहार को तीन एक से पराजित कर दिया साई से हार के बाद बिहार टीम की नॉकआउट में पहुंचने के उम्मीदें समाप्त हो गयी है एक अन्य मुकाबले में झारखण्ड ने सिक्किम को दस शून्य से पराजित कर लगातार दूसरी जीत दर्ज की है आज दोपहर तीन बजे से पश्चिम बंगाल और ओडिशा के बीच मुकाबला खेला जायेगा अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां आज के सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को अपनी पहली सुर्खी बनाया है हिन्दुस्तान का शीर्षक है पॉलीथिन पर शहरों में चौबीस से लगेगी रोक दैनिक जागरण ने एससी एसटी कानून में संशोधन की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित करते हुये लिखा है सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार के तुरंत गिरफ्तारी वाले कानून पर नोटिस जारी कर छह सप्ताह में मांगा जवाब अंतरिम रोक से किया इन्कार दैनिक भास्कर लिखता है बेगूसराय में मॉब लिंचिंग छात्रा का अपहरण करने स्कूल में घुसे तीन अपराधियों को पुलिस से छुड़ाकर मार डाला प्रभात खबर की सुर्खी है उद्योग कृषि राजस्व और स्वास्थ्य विभाग ने बरती ढिलाई पांच लाख संविदाकर्मियों का नियमितीकरण लटका